मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा युवाओं को नैकरी की बजाए स्वरोजगार पर देना चाहिए ध्यान

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से प्रदेश में पलायन पर रोक लगेगी और लोग अपने घरों को वापस लौटेगें उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकारी के बजाये स्वरोजगार की ओर ध्यान देना चाहिए कार्यक्रम में मौजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ ने कहा कि उत्तराखण्ड में विकास की अपार संभावनाएं है और प्रदेश सरकार विकास के लिए तेजी से काम कर रही है यहां प्रकृतिक संसाधनों की कोई कमी नही है पर पलयान एक चुनौती है उन्होंने प्रवासी लोगों से आहवान किया कि वे अपनी देव भूमि से जुडे उन्होंने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड बहुत बडा केन्द्र है और यहां पर्यटन रोजगार की अपार सम्भावनाएं है इस दौरान थल सेना अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है और यहां के सैनिकों ने हमेशा अपनी जान की बाजी लगाकर देश की सीमा की रक्षा की है इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न युद्वों में शहीद हुये सैनिकों के परिजनों को शॉल व चेक देकर सम्मानित किया इस दौरान प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत समेत अनेक जनप्रतिनिधि और बरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे

जिला कबड्डी एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष बिद्द कर्नाटक ने बताया कि सैफ गेम्स के लिए प्रजा महरा उत्तराखंड से एक मात्र चयनित खिलाड़ी है कर्नाटक ने बताया कि हाल ही में अल्मोड़ा में हुई राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में पूजा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना गया इसे देखते हुए राष्ट्रीय चयनकर्ताओं ने पूजा को सैफ गेम्स के लिए चयनित किया सैफ गेम्स में पूजा के चयन से अल्मोड़ा जिले के सांथ ही राज्य के कबड्डी खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है पंचायत चुनाव नैनीताल जिले में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी बेला तोलिया और उपाध्यक्ष पद पर आनन्द दर्मवाल का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय हो गया दोनों ही पदों पर सिर्फ भाजपा प्रत्याशियों के द्वारा ही नामांकन दाखिल किया गया है इन पदो के लिए किसी भी अन्य प्रत्याशी के नामांकन नहीं किया है

काग्रेस प्रेस वार्ता कांग्रेस ने देश के छोटे किसानों व्यापारियों और अर्थव्यवस्था के हालात पर चिंता जाहिर की है आज देहरादून में आयोजित एक प्रेस वार्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि देश की समस्याओं को उजागर करने के लिए कांग्रेस देशभर में पत्रकार वार्ता कर रही है उन्होंने कहा कि भारत बैंकॉक में रीजनल कॉम्प्रीहेम्सिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हस्ताक्षर करने वाला है जो किसानों और छोटे व्यापारियों के हित में नहीं है अंगीकार अभियान अल्मोड़ा जिले में अंगीकार अभियान का सर्वेक्षण शुरू हो गया है इसके तहत नगर निकाय में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के लिए चयनित लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के लिए अंगीकृत किया जा रहा है

अंगीकार योजना का उद्देश्य लाभार्थियों के जीवन स्तर को सुधारना है इसके तहत पात्र व्यक्तियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी है वहीं इन्हें धुआंमुक्त रसोई स्वच्छता कूड़ा प्रबंधन जल एवं ऊर्जा संरक्षण सोलर एनर्जी विद्युत व्यवस्था पेयजल व्यवस्था आदि उपलब्ध कराई जाएगी अंगीकृत क्षेत्र में सिगल यूज प्लास्टिक का उपयोग वर्जित किया गया है इस योजना के दायरे में वह लोग शामिल है जो केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के चयनित लाभार्थी है इन लाभार्थियों को अन्य योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराते हुए सामाजिक एवं व्यवहारिक बदलाव के लिए प्रेरित करना है पात्र व्यक्तियों को अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है दिसम्बर माह तक सर्वेक्षण कार्य पुरा किया जाना है निर्भया फंड योजना बागेश्वर में महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग द्वारा एक दिवसीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जागरूकता शिविर में लोगों को निर्भया फंड योजना समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि निर्भया कांड जैसी किसी भी दुर्घटना अथवा महिलाओं से छेड़छाड़ जैसी किसी किसी घटना के होने से पहले ही उसे रोकना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है इसके लिए हर महिला को सामाजिक आर्थिक पारिवारिक शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त होने की आवश्यकता है उन्होंने बालिकाओं को जागरूक करते हुए कहा कि किसी भी अप्रिय व्यवहार का विरोध कर तुरन्त अपने अभिभावकों वन स्टॉप सेंटर अथवा महिला पुलिस अधिकारियों से तुरंत इसकी शिकायत करें गोपेश्वर संडे बाजार स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए गोपेश्वर नगर क्षेत्र में संडे बाजार की आज से शुरूआत हो गयी नगर पालिका के पार्किंग स्थल में जिलाधिकारी स्वाती एस भदौरिया ने संडे बाजार का उद्घाटन किया प्रत्येक रविवार को लगने वाले इस बाजार में ग्राहकों को सस्ते दामों पर ताजी फल सब्जियां दाले व शुद्व जैविक उत्पाद उपलब्ध हो सकेगें आम तौर पर गोपेश्वर का मुख्य बाजार रविवार के दिन बंद रहता है जिससे उत्पाद लेकर आने वाले उत्पादको को निराश होना पड़ता था

उत्पादको और बिक्रेताओं का कहना है कि अब वे सीधे ही बिना किसी माध्यम के अपने उत्पाद ग्राहकों को बेंच पाएंगे और उनका सही मूल्य मिल पायेगा गोपेश्वर में संडे बाजार का उद्घाटन करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि स्थानीय शुद्द जैविक उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा काश्तकारों की आर्थिकी को सुदृढ करने के लिए संडे बाजार की व्यवस्था की गई है उन्होंने कहा कि चमोली जिले में आलू राजमा चौलाई मंडुवा मटर सेब बंद गोभी फूल गोभी मिर्च अदरक लहसुन अन्य सब्जियां खूब होती हैं काश्तकार तमाम मुश्किलों के बाद अपना उत्पाद ग्रामीण क्षेत्रों से बाजार तक तो पहुंचाते हैं लेकिन उन्हें उत्पादों का सही दाम नहीं मिल पाता है काश्तकारों को उचित लाभ पहॅचाने तथा ग्राहकों तक ताजे फल सब्बजियां व अनाज पहुँचाने के लिए संडे बाजार की व्यवस्था की गई है छठ पूजा प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में पिछले चार दिन से चल रही छठ पूजा आज सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही संपन्न हो गई

छठ पूजा का व्रत चतुर्थी को शुरू होकर सप्तमी को संपन होता है इस दौरान सूर्य मेष राशिः में प्रवेश करता है ऋषीकेश में आस्था के इस पर्व पर लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिला पवित्र त्रिवेणी गंगा घाट पर बड़ी संख्या में मौजूद श्रद्धालुओं ने पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ उगते सूरज को अर्घ्य देकर अपना व्रत खोला हरिद्वार में भी छठ पूजा की धूम देखने को मिली हरकी पौडी सहित अन्य गंगा तटों पर एकत्र लोगों ने सूर्य को अर्घ्य दिया और प्रार्थना की ऐसी मान्यता है कि जो भी सूर्य भगवान् की आराधना सच्चे मन से करता है उसकी सभी कामनाये पूरी होती है व्रती महिलाएं अपने परिवार के साथ बांस के सूप और टोकरे में फल सब्जियां लेकर घाट पर पहुची थी रानीखेत के चौबटिया में भी छठ पूजा को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला छड़ी यात्रा जूना अखाड़े द्वारा संचालित छड़ी यात्रा गढ़वाल मंडल के चारों धाम और अन्य पौराणिक तीर्थ स्थलों के भ्रमण के बाद कल रात जनपद बागेश्वर पहुंची जिसके बाद आज यह यात्रा बागेश्वर से अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई

जूना अखाड़े के संरक्षक महंत गिरी के अथक प्रयासों और मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंह रावत की पहल पर यात्रा फिर हरिद्वार से शुरू की गई है आपदा प्रबन्धन प्रशिक्षण चमोली ज़िले में मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में स्वयं सेवी संस्थानों के पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया इस दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में पंजीकृत युवक एवं महिला मंगल दलों को आपदा प्रबन्धन के तहत पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिये जाने का निर्णय लिया गया मुख्य विकास अधिकारी ने पंजीकृत युवाओं और महिला मंगल दलों के प्रशिक्षण हेतु ब्लाक वाइज टाईम टेबल तैयार कर एमओयू करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये

विकासखण्ड देवाल और घाट में एसडीआरएफ के माध्यम से तथा अन्य सभी विकासखण्डों में एनजीओ के माध्यम से यह प्रशिक्षण दिया जाएगा

समापन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप महानिरीक्षक एमएम कांडपाल ने सप्ताह के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सार्वजनिक जीवन में अखंडता पारदर्शिता व जवाबदेही को बढ़ाया जाना जरूरी है भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक लड़ाई व प्रोत्साहन भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह का मकसद है